नई दिल्ली में आज कॉर्पोरेट सोशल रिसपोंसबिलिटी सी एस आर के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाली कंपनियों को पहले राष्ट्रीय सी एस आर पुरस्कारों से सम्मानित दायित्वों को लेकर संवेदनशील हुआ करते थे श्री कोविंद ने कहा कि महात्मा गांधी की सलाह पर कई औदयोगिकी घरानों ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपनाया था राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह पंद्रह के बाद से निगमित राशि शिक्षा पर्यावरण स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटित की है अरुणाचल प्रदेश में कल से सातवां तवांग उत्सव ध्रमधाम से शुरु हो गया है इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि भारत में अमरीका के राजद्रत केनेथ जस्टर ने कहा वे अरुणाचल प्रदेश के लोगों की वेशभूषा रीति रिवाजों और परंपराओं से बहुत प्रभावित हुए है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी संभावनाएं है उन्होंने कहा कि उचित योजना और निवेश के साथ राज्य में देश के सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाली राज्य बनने की क्षमता है श्री खांडू ने कहा कि राज्य में अब पर्यटन कृषि और बागवानी और जल विद्युत के क्षेत्र में निवेश के मार्ग खुल रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अमरीकी दूतवास का समर्थन मांगा केंद्रीय खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे अपर सुबनसिरी जिले के दुंपोरिजों क्षेत्र में फुड प्वायजनिंग के कारण कई पुरुष और महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल कथित रुप से सोयाबीन सहित स्थानीय खाना खाने के बाद कई लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

यूरोपीय संसद के इटली ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी और पोलैंड से संबंधित सदस्य शामिल है इन सांसदों ने राज्य की यात्रा से पहले अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस यात्रा से उन्हें वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने में मदद मिलेगी शिष्टमंडल ने श्रीनगर में कई बैठकें की

पहली बार आयोजित हो रहे कॉमन फाउंडेशन कोर्स का मुख्य विषय भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करना है विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पास ने प्रशिक्षुओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी इकतीस अक्टूबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी संकल्प यात्रा के अंतर्गत तवांग जिले के मागो से थिंगब्र गांव तक पदयात्रा की इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों तक विकास योजनाओं को पहुंचाना है मुख्यमंत्री ने कहा देश के विकास के लिए गांवों का विकास जरुरी है श्री खांड्र ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पी टी एस ओ लेक से भारत चीन सीमा से लगे मागो गांव तक ऑल टेरेन वेहिकल से यात्रा की

देश में आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है दिवाली के बाद गोवर्धन प्रजा और इसके बाद पडने वाले भेया दूज का खास महत्व है राखी भाई बहन के प्यार के का प्रतीक है जबकि भैया द्रज भई की लंबी उम्र की कामना का दिन इस दिन बहनें अपनी भाइयों को रोली और अक्षत से तिलक करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई द्रज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है